इस पोर्टल के जरिये राज्य के विद्यार्थी बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन इंटर एक्टिव कक्षाओं के जरिये शिक्षक और छात्र अपने अपने घरों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे साथ ही छात्र अपनी शंकाओं का समाधान भी ऑनलाइन तरीके से कर सकेंगे इस पोर्टल में अब तक डेढ़ सौ से अधिक वीडियो के अलावा पाठ्य सामग्रियां भी अपलोड की जा चुकी हैं इस पोर्टल के जरिये बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क भी दिया जाएगा जिसे वे घर पर ही अपनी कॉपी में हल करके उसकी फोटो खींचकर अपलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित शिक्षक उसे ऑनलाइन जांच कर वापस विद्यार्थि यों को भेज देंगे इस पोर्टल में फिलहाल पहली से लेकर कक्षा दसवीं तक की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है वहीं भविष्य में ग्यारहवीं से बारहवीं तक के छात्रों की भी पाठ्य सामग्री अपलोड की जाएगी इसके साथ ही राज्य सरकार ने छह वर्ष तक के बच्चों के समुचित विकास के लिए भी एक अभिनव पहल शुरू की है इसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभिभावकों तक बच्चों के समुचित विकास की सूचनाओं की श्रृंखला का प्रसारण प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा इसे व्हाट्सअप के माध्यम से दो मैसेज विभाग के अधिकारियों को भेजे जाएंगे इसमें से एक मैसेज शून्य से तीन वर्ष आयु समूह के लिए और दूसरा मैसेज तीन से छह वर्ष आयु समूह के बच्चों के विकास से संबंधित होगा प्रत्येक संदेश की अवधि तीन से चार मिनट की होगी जिन अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन होगा उन्हें व्हाट्सअप के जरिये वहीं अन्य अभिभावकों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर जाकर संदेश सुनाया जाएगा कोरोना सीएम कैदी बातचीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों और जेल के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात की और कोरोना वायरस की रोकथाम सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने जेल अधिकारियों से कहा कि बंदियों की प्रारंभिक जांच कराई जाए साथ ही उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए उन्होंने कहा कि नए आने वाले बंदियों को निर्धारित समय तक अलग कमरे में रखा जाए इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जेलों में बंदियों को उनके परिजनों से कराई जाने वाली मुलाकात पर बीते चौदह मार्च से पाबंदी लगा दी गई है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कॉलिंग सिस्टम के माध्यम से बंदियों को उनके रिश्तेदारों से बातचीत कराई जा रही है अधिकारियों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बीते पांच अप्रैल तक प्रदेश में ग्यारह सौ तिरानवे बंदियों को रिहा किया गया है इनमें से आठ सौ बयानवे कैदियों को अंतरिम जमानत पर दो सौ पचपन को सजा पूर्ण होने पर और छियालीस बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है कोरोना मनरेगा भुगतान केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ को छह सौ पचयासी करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी कर दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है इसमें से चार सौ चार करोड़ रूपये मजदूरी भुगतान के लिए दिए गए हैं कोरोना वन्यजीव केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वन्यजीव और बाघ संरक्षण अभयारण्यों के बारे में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित चिड़ियाघर में बाघ के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की हाल की खबरों के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर मानव से पशुओं में और पशुओं से मानव में वायरस फैलने से रोकने के उपाय तुरंत करने को कहा है इस बीच राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज रायपुर में समीक्षा बैठक कर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों चिड़ियाघरों और वन्य प्राणियों केन्द्रों में सुरक्षात्मक उपायों के बारे में चर्चा की

वहीं नया रायपुर स्थित जंगल सफारी और बिलासपुर के कानन पेंडारी चिड़ियाघर को सैनिटाईज कर दिया गया है रायपुर स्थित नंदनवन को कल आठ अप्रैल को सैनिटाईज किया जाएगा कोरोना शबे बारात केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से अपील की है कि वे शबे बारात के अवसर पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन करें उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने घर के अंदर ही नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियां पूरी करें उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे परिवार समाज और समूचे देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है वहीं केन्द्रीय वक्फ परिषद के जरिए सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे शबे बारात के मौके पर लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करवाएं

बिलासपुर स्टेशन सहित प्रदेश के सभी स्टेशनों में रेलवे सहायकों और जरूरतमंदों को रेलवे द्वारा लगातार राशन पैकेट बांटे जा रहे हैं इस कार्य में श्रम विभाग और रेलवे कर्मचारी संगठन भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं इधर राजनांदगांव में राशन नहीं मिलने से नाराज जरूरतमंदों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया इस बीच महापौर ने पार्षदों की बैठक लेकर सभी जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने को लेकर चर्चा की इसी जिले में स्थित कई बैंकों में आज जन धन खाते से पैसा निकालने वाले हितग्राहियों की भीड़ लगी रही वहीं महासमुंद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वेलफेयर सिलाई सेंटर के माध्यम से जिले के पुलिस जवानों के लिए मास्क तैयार करने का निर्देश दिया है वर्तमान में करीब आठ सो नग मास्क तैयार है जिन्हें जल्द ही पुलिसकर्मियों को वितरित किया जाएगा उधर दुर्ग जिले में दो सौ ग्यारह जरूरतमंद परिवारों को अनाज और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया इधर जशपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चार सौ तीस और शहरी क्षेत्र में स्थित चौदह दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है वहीं कबीरधाम जिले में मां विंध्यवासिनी सेवा समिति ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक लाख रूपये की राशि जमा की है इस बीच किसानों को राहत देने के लिए जिले की कृषि उपज मंडियों को आज पांच घंटे को लिए खोला गया

इधर कोरिया जिले के चिरमिरी और बरतुंगा क्षेत्र में खदान में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए सैनिटाईजिंग चेंबर का निर्माण किया गया है उधर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में प्रशासन ने झाड़ू बेचकर जीवनयापन करने वाले चौबीस लोगों के आवास और भोजन की व्यवस्था देवरीकला में की है साथ ही उन्हें पंद्रह अप्रैल तक इस स्थान पर ही रूकने का निर्देश दिया गया है वहीं धमतरी जिले में जन धन की राशि निकालने आज बैंकों के सामने खातेदारों की कतार लगी रही इस दौरान लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें भी मिली हैं इधर रायगढ़ शहर के बीरपाड़ा में स्थित एक गेस्ट हाउस में छापा मारकर पुलिस ने अट्ठारह लोगों को पकड़ा है बताया जाता है कि ये सभी उत्तरप्रदेश के मुजफ्फर नगर से आए हैं और बिना सूचना दिए गेस्ट हाउस में रह रहे थे इसके अलावा चांदनी चौक में रहे रहे पंद्रह लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है इस बीच राजनांदगांव के छुरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जरहामहका गांव में एक व्यक्ति की मौत की खबर है बताया जाता है कि यह व्यक्ति क्वारेंटाइन के तहत स्कूल में रह रहा था

कोरोना वायरस की रोकथाम और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से रायपुर जिला प्रशासन ने इस अभियान की शुरूआत की है इसके तहत शहर की विभिन्न कॉलोनियों और व्यावसयिक परिसरों में जिला प्रशासन का विशेष वाहन पहुंचकर लोगों से राहत पैकेट एकत्रित करेगा इस राहत पैकेट में पांच किलोग्राम चावल आधा किलोग्राम दाल आधा किलोग्राम बेसन आधा किलोग्राम नमक और एक नग साबुन शामिल करने की अपील दानदाताओं से की गई है कोरोना रेलवे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रेलवे देशभर में मालगाड़ियों का संचालन कर रहा है इसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा भी चार विशेष पार्सल ट्रेनों का परिचालन आने वाले दिनों में किया जाएगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार इतवारी से टाटानगर और टाटानगर से इतवारी के बीच कल से चौदह अप्रैल तक विशेष पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी इस गाड़ी का ठहराव दोनों दिशाओं में प्रदेश के राजनांदगांव दुर्ग रायपुर बिलासपुर चांपा और रायगढ़ में दिया गया है कोरोना परामर्श देशभर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

कोरोना सीएम राहत कोष प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस की रोकथाम और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए जाने का निर्णय लिया है इस संबंध में शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर फेडरेशन के निर्णय से अवगत कराया है इस बीच राज्य पावर होल्डिंग कंपनी ने तीन करोड़ अस्सी हजार रूपये से अधिक की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की है वहीं अब कोई भी व्यक्ति और संस्था मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग को लिए अब ऑनलाइन राशि भी जमा कर सकते हैं इसके लिए सीएमआरएफ डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल शुरू किया गया है हाईकोर्ट नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियमित नियुक्ति की पुष्टि की है कल सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू गौतम चौरड़िया और न्यायमूर्ति रजनी दुबे को स्थायी जजों के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया वहीं न्यायमूर्ति विमला सिंह की सेवा को अतिरिक्त न्यायमूर्ति के रूप में अट्ठारह जून दो हजार बीस तक के लिए बढ़ाया गया है मौसम मराठवाड़ा के ऊपर बने चक्रवात के प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान सरगुजा और बस्तर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बोछारें पड़ सकती हैं रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एच पी चंद्रा ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान जगदलपुर में तेज हवाओं के साथ बोछारें पड़ी वहीं प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर भी बूंदाबांदी होने से दिन के तापमान में कमी आई है मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात का असर अगले एक दो दिनों तक बने रहने की संभावना है संक्षिप्त समाचार राज्य के पंजीयन कार्यालय अब चौदह अप्रैल तक बंद रहेंगे वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश की शराब दुकानों को भी आगामी चौदह अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया है प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज रायपुर और अभनपुर के उचित मूल्य की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया इस दौरान खाद्य मंत्री ने राशन दुकानों में उपलब्ध अनाज की गुणवत्ता को भी परखा श्री भगत ने खाद्यान्न गोदामों का भी अवलोकन किया प्रदेश के सभी जिलों में एक लाख छियालीस हजार से अधिक जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन और राशन उपलब्ध कराया जा रहा है राजनांदगांव जिले में सूखा राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले में दो प्रभारी प्रधान पाठकों को निलंबित कर दिया गया है बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बलौदाबाजार धान खरीदी केन्द्र से बीती रात दो वाहनों के जरिये धान की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ इलाके के तेंदुआ गांव में ट्रैक्टर के पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई